प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रम्प के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हो रही है आशा है कि दोनों नेता व्यापार और निवेश हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे दोनों देश विशेषकर रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति भवन में उनका अधिकारिक स्वागत किया गया उन्हें इक्कीस तोपों की सलामी दी गई ट्रम्प ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया इसके बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से इनका परिचय कराया इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी उपस्थित थे

डॉनाल्ड ट्रम्प अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रम्प पूत्री इवांका और दामाद जेरेड कुशनर तथा अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो दिन की भारत यात्रा पर कल अहमदाबाद पहुंचे हैं

कल झारखंड मंत्रालय में कोल्हान के मानकी सह न्याय पंच के प्रतिनिधि मंडल ने चक्रधरप्र विधायक सुखराम उरांव के नेतृत्व में उनसे मेंट की प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप कर हो भाषा अकादमी का गठन करने ँजनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राथमिक से एमए तक की पढ़ाई में इन्हें शामिल करने का अनुरोध किया झारखंड में बिहार और दूसरे राज्यों के आदिवासियों पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा बिहार के स्थायी निवासी को भी झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए रंजीत कुमार और अन्य अपील कर्ताओं की अपील खारिज कर दी महाधिवक्ता ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच के दो जजों ने इस संबंध में फैसला दिया है बिहार के आरक्षित वर्ग के लोग झारखंड के आरक्षित वर्ग के नहीं माने जाएंगे

राष्ट्रपति द्वारा विधि आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के प्रबंधों की समीक्षा की

चीन हांगकांग थाईलैंड सिंगापुर जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा वियतनाम नेपाल इंडोनेशिया और मलेशिया से आने वाली उड़ानों की भी जांच की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हई है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वीडियो मैसेज के माध्यम से इंटेनसिफाईड भिशन इंद्रधनुष दू विषय पर सामुदायिक लोक संचार विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकांकरण करना है गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के टेमरकर्चा गांव के जंगल से पुलिस ने कल संयुक्त कार्रवाई कर नक्सलियों के द्वारा छूपा कर रखे गए विस्फोटक बरामद किये हैं इसकी पुष्टि करते हुए ग्मला के पुलिस उपाधीक्षक बुजेश कुमार मिश्र ने बताया कि बरामद विस्फोटकों में एक स्टील केंटेनर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर जिलेटिन और करीब सात सौ ग्राम अमोनियम नाइट्रेट समेत अन्य सामान बरामद किया गया है

श्री प्रकाश इससे पहले महामंत्री पद की कमान संभाल रहे थे जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था

झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के बाद भाजपा ने श्री मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है भाजपा विधायक दल की बैठक में अनंत ओझा के प्रस्ताव का अनुमोदन विरंची नारायण और नीलकंठे सिंह मुण्डा ने किया सभी पच्चीस विधायकों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है कल प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में पार्टी के महामंत्री पी मुरलीधर के समक्ष यह निर्णय लिया गया भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के नाम एक पत्र में श्री मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का आग्रह किया गया है विधानसभा सचिवालय को बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय करने संबंधी पत्र भी दिया जा चुका है

आज इनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो सकती हैं सोनिया गांधी से मिलने वालों में डॉक्टर रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम बादल और बन्ना गुप्ता शामिल हैं ये वहां आगामी बजट सत्र सरकार के कार्यों की जानकारी और पार्टी द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान पर चर्चा कर सकते हैं

जिले में लाखों परिवारों की जीविका का मुख्य आधार कृषि संबंधी कार्यों से जुड़ा है खेती पश्रपालन मुर्गीपालन वनोत्पाद आधारित कार्यो से जुड़ाव होने के कारण कृषि कार्य आर्थिक उपार्जन का मुख्य साधन बन गया है जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अबतक चौवालीस हजार छह सौ तीन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिला है

बारह फवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पच्चीस फरवरी की तारीख तय की थी

पलामू और गढ़वा जिले में भारी ओलावृष्टि की खबर है